हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग के संचालकों की समस्याओं का निदान पहल के आधार पर करने का आश्वासन दिया है आज हरियाणा में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई पलवल और भिवानी में उन्हें प्ष्पाजंलि अर्पित की गई

भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने आज कहा कि निजी उपभोग वृद्वि से निरंतर गिरावट के साथ साथ निवेश में तेजी से गिरावट का विषया है वह अपनी दूसरी मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद पत्रकारा वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे हमारे संवाददाता ने बताया कि आरबीआई के गर्वनर ने कहा कि शीर्ष बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रख रहा है

उन्होंने कहा कि घरों के लिये ऋण देने वाली कंपनियों के प्रदर्शन पर भी नजर रख रहे है और जल्द ही चल निधि पर आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है श्री दास ने कहा कि डिजीटल लेन देन को बढ़ावा दकने के उद्देश्य से आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी लेन देन पर लगाये गये श्ल्कों को हटाने का निर्णय लिया है औ बैंकों को यह लाभ अपने ग्राहकों को देना होगा इसके अतिरिक्त एक समिति एटीएम श्ल्कों की भी समीक्षा करेगी

स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे जो एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा किया जाता है इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है कचरा म्क्त और शौच मुक्त शहरों की दिशा में की गई पहले की स्थिरता खले में स्निश्चित करना और शहरों व फसलो के बेहतर बनाने के लिये मिलकर काम करने हेतु समाज के सभी सभी वर्गो के बीच जारूकता पैदा करना है इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरों और कस्बों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है ताकि शहरों को स्वच्छ बनाने की दिशा में काम जा सके हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग के संचालकों की समस्याओं का निदान पहल के आधार पर करने का आशवासन दिया है उन्होंने राष्ट्रीय अन्संधान संस्थान में इस उद्यो से जुड़े संचालकों के साथ बैठक की और सुझाव भी मांगे

सरकार भी इस दिशा में कारगर कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि आज बैठक में जो स्झाव मिले है उन पर भी अमल किया जायेगा पश् पालन विभाग के साथ बैठक कर जल्द ही इनकी समस्याओ का भी समाधान किया जायेगा उन्होंने कहा कि किसानों और द्ग्ध उद्योगपतियों के बीच विश्वास कायम होना चाहिए तभी यह व्यवसाय बढ़ सकेगा बैठक में मौजूद मिल्क प्लांट ऐसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष संजय ढींगरा ने कहा कि उन्होंने म्ख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश डेयरी उद्योग द्रध की कमी के कारण प्री तरह से फल फूल नहीं रहा है और उनहें प्रदेश मे दुग्ध उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रयास करने का सुझाव दिया है उन्होंने म्ख्यमंत्री को यह भी सुझाव दिया कि दूध के भाव फैट के अन्सार सरकार द्वारा निर्धारित होने चाहिए और पशु आहार की गुणवता व उसके दाम भी वाजिब होने चाहिए आज महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई जिन्होंने मेवाड़ की धरती को म्गलों के आंतक से बचाने के लिये पूरी वीरता के साथ म्काबला किया पलवल से हमारे संवाददाता ने बताया कि पलवल के महाराणा प्रतापभवन में आज लोगों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर प्ष्प अर्पित किये प्राना जी टी पर स्थित हैफड कार्यालय पर भी महाराणा प्रताप की जयंती रोड मनाई गई इस मौके पर हैफेड के अध्यक्ष सुभाष कत्याल ने उन्हें प्ष्पाजंलि अर्पित की और कहा कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था एवं कइ वर्षो तक म्गल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया उन्होंने युवाओं से ऐसे महाप्रूषो के जीवन से प्ररेणा लेने का आग्रह किया पलवल में हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य व भाजपा नेता डा हरेन्द्र पाल राणा ने भी आज अपने कार्यालय में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें प्ष्पाजंलि अर्पित की इस मौके पर डा राणा ने कहा कि महाराणा प्रताप महान राष्ट्रभक्त थे तथा उनका नाम इतिहास में वीरता एवं दृढ़ प्रण के लिये अमर है उन्होंने अपने पूर्ण जीवन काल में मुगलों से संघर्ष किया और कभी उनकी पराधीनता स्वीकार नहीं की उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की संघर्षमयी गाथा मानव जाति के लिये प्ररेणा स्त्रोत है भिवानी के हांसी चौक स्थित महाराणा प्रताप चौक पर भी को महाराणा प्रताप की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई इस अवसर पर भिवानी महेन्द्रगढ़ लोकसभा से सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने शिरकत कर मेवाड़ के राजा एवं महान योद्धा महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल पर प्ष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन को याद किया समाज व अन्य सामाजिक संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित कर महाराणा प्रताप के पद्चिह्नों पर चलने का संकल्प लिया व जयघोष के साथ मेवाड़ के राजा को श्रद्वांजलि अर्पित की अम्बाला जिले के नारायणगढ़ कस्बे में आज हये एक दर्दनाक सड़क हादसे में श्री हेमकंड साहिब के दर्शनों के लिये बाईक पर जा रहे पंजाब दो य्वकों की मौत हो गई मृतकों की पहचान ग्रदीप सिंह और ग्रमीत के तौर पर हई है वे पटियाला के कपूरी गांव के रहने वाले थे शवों को पोस्टमार्टम के लिये नारायणगढ़ सिविल अस्पताल में रखवाया गया है मृतकों के साथ यात्रा पर जा रहे एक अन्य युवक ग्रप्रीत सिंह ने पुलिस को दिये बयानों मे बताया कि आज सुबह जब वे लौटो च्ंगी के पास पहुंचे तो कालाअंब की ओर से आ रही एक निजी कालेज की बस ने ग्रदीप व ग्रदीप को अपनी चपेट में ले लिया बस की सीधी टक्कर लगने से ग्रदीप व ग्रमीत को गहरी चोटे आई बस का चालक मौके से भाग गया इसके लोगों की मदद से दोनों घायलों को नारायाण गढ़ के स्थानीय सिविल अस्पताल में ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत कर दिया